वहीं पार्टी के वरिष्ठ और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरमालवा रतलाम के पिपलौदा और बड़ावदा में जनसभा करेंगे केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इन्दौर में चुनावी पत्रकार करेंगे केन्द्रीय मंत्री स्मृति रानी बुरहानपुर की नेपानगर में खरगोन की बड़वाह और देवास और इन्दौर चुनाव सभा को संबोधित करेंगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा के रहटगॉव होशंगाबाद जिले के सिवर्नी मालवा सुहागुपर और रायसेन जिले के बाडी जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे इसके अलावा मुख्य मुख्यमंत्री सागर जिले के सुरखी विधानसभा के जैसीनगर विदिशा में पठारी बासोदा विधानसभा क्षेत्र के हैदरगढ़ रायसेन जिले के बेगमगंज में जनसभा कार्यक्रम शिकरत करेंगे श्री चौहान भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले रोड शो कार्यक्रम में भाग लेंगे वहीं नरेला विधानसभा और भोपाल मध्य में भी चुनाव सभा को संबोधित करेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह सागर जिले के देवरी विधानसभा और बरगी विधानसभा में चुनाव सभा करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल भी कल से प्रदेश के दो दिवसीय पर चुनावी सभाओं में भाग लेंगे इस दौरान वे विदिशा रायसेन सीहोर सागर दमोह और टीकमगढ़ जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ होशंगाबाद की वनखेड़ी छिन्दवाड़ा के नवगॉव तामिया चौरई और सिवनी जिले के उगली केवलारी में चुनाव सभा करेंगे जबकि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाएं करेंगे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रतलाम और इन्दौर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे बहजन समाज पार्टी की अध्यक्ष अध्यक्ष मायावती श्योपुर और पथरिया में चुनावी सभा करेंगी

मतदाताओं को जागरूक करने और निर्वाचन प्रक्रिया से भलीभांति अवगत करवाने केलिये मतदाता मार्गदर्शिका में मतदान कैसे करें के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है साथ ही ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने के लिये वोट देने की प्रक्रिया भी बताई गई है मतदाता मार्गदर्शिका के माध्यम से मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की जानकारी भी मतदाताओं को दी गई साथ ही मतदाता की जानकारी के लिये मुख्य निर्वोचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट एवं हेल्पलाइन के साथ अन्य महत्वपूर्ण नम्बर एवं पोर्टल की जानकारी भी दी गई है

यह राज्यपाल को वर्ल्ड आफ रिकार्ड लंदन की संस्था की ओर से दिया जाने वाला दूसरा अवार्ड है

इस अवसर पर राजभवन प्रेस प्रकोष्ठ द्वारा राजभवन भ्रमण पर तैयार की गई लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया

श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते रहे हैं उन्होंने कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ अपने विचार साझा किये हैं वहीं योग के लाभ की चर्चा की है और इसे स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण बताया है फिल्म फेस्टीवल गोवा में चल रहे अंतर्राट्रीय फिल्म समारोह पैनोरम कल से शुरू हो गया

भारतीय पैनोरमा देश की सर्वोत्तम फिल्मों का प्रतिनिधित्व करता है और वह क्षेत्रीय सिनेमा और प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिये पिछले अनेक वर्षो से बेहतरीन मंच सिद्ध हुआ है फीचर फिल्म की श्रेणी में आज मल्यालम फिल्म ओलू का प्रदर्शन किया गया वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा कल ही पणजी के निकट गोवा इंटरनेशनल सेंटर में सामुदायिक रेडियों की जागरूकता के बारे में एक कार्यशाला भी आयोजित की गई इस मौके पर बताया गया कि सामुदायिक रेडियों एक ऐसा मंच है जो उन लोगों को आपस में जोड़ता है जिनकी आवाज को मुख्य धारा की मीडिया स्थान नहीं मिलता आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक विशेष राउण्डअप कार्यकम प्रसारित कर रहा है

महिला मुक्केबाजी नई दिल्ली में खेली जा रही महिला विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप में एमसी मैरीकॉम और लवलीना बोरगोहेन आज अपने सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगी

एक और स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही वह महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सबसे सफल मुक्केबाज बन जाएंगी आयरलैंड की केटी टेलर अब पेशेवर मुक्केबाज बन गई हैं

लवलीना उन तीन भारतीय महिला मुक्केबाजों में से एक है जो विश्व चैंपियनशिप में अपना पदक पक्का कर चुकी हैं सोनिया चहल और सिमरनजीत कौर कल अपने सेमीफानल मुकाबले खेलेंगी